यह विधेयक तीन तलाक को अमाण्य और अवैध घोषित करने और इसे संज्ञेय अपराध बनाने का प्रावधान करता है इसमें तीन तलाक की शिकार महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों को गुजारा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है जिस महिला को तलाक दिया गया है इसकी सहमति और मजिस्ट्रेट की अनुमति से मामले के समाधान का भी प्रावधान है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पेश किया और चर्चा की शुरुआत की उन्होंने कहा कि तीन तलाक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद देश के विभिन्न भागों में अब भी यह कुप्रथा जारी है उन्होंने कहा कि यह विधेयक स्त्री प्रुष समानता न्याय और गरिमा सुनिश्वित करने के लिए है गुजरात से कांग्रेस सांसद अमी याज्ञिक ने विधेयक में अपराध संबंधी प्रावधानों पर सवाल उठाया उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और वर्गों की महिलाएं समस्याओं का सामना कर रही हैं एनडीए सरकार सभी महिलाओं के शोषण का मामला क्यों नहीं उठा रही विधेयक का विरोध करते हुए एनडीए के सहयोगी जनता दल यूनाईटेड के सदस्यों ने सदन से वॉकआऊट किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत वैज्ञानिक वृद्धि में महत्वपूर्ण देश के रुप में उभर रहा है जिसका सकल घरेलू उत्पाद दो दशमलव छह खरब अमरीकी डॉलर है और यह सात वर्षों में दोगुना हो जाएगा कल पोख्तों नोवों मे बेनिन की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की विचारधारा केवल उसके घरेलू एजेंडे तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह विदेशी कार्यक्रमों को भी निर्देशित करता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री तुमके बागरा ने केंद्र सरकार से फ्लेकशीप योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समय सीमा मार्च दो हजार बीस से बढ़ाने पच्चीस प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित करने और राज्य में राज्य कौशल भवन के निर्माण का आग्रह किया है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांड्ये की अध्यक्षता में कल गुहावाटी में आयोजित पूर्वोत्तर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने इस आश्य की जानकारी दी चर्चा में भाग लेते हुए श्री बागरा ने कहा केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य के लगभग उनतीस हजार पांच सौ युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त सोनल स्वरुप ने कल बालीपारा चारद्वार तवांग सड़क की समीक्षा की इस मार्ग पर पंद्रह अगस्त तक के लिए यातायात बंद है जिला उपायुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार इस मार्ग के तहत पिनजोली ब्रिज से टेंगा तक अगले महीने की पंद्रह तारीख तक सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य के चलते यातायात बंद कर दिया गया है जिला उपायुक्त ने कहा है कि भारी वर्षा के चलते कई जगहों पर सड़के क्षतिग्रस्त हो गई है सागाली क्षेत्र अधिकारी मार्नगाम बागरा की अप्राकृतिक मृत्यु को संज्ञान में लेते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने पूलिस अधीक्षक और नाहरलगुन थाने के प्रभारी अधिकारी से मामले की स्थिति रिपोर्ट की मांग की है आयोग ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए समाज के सभी वर्ग से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है अरुणाचल इलेक्ट्रोनिक मीडिया एसोसिएशन द्वारा कल अरुणाचल प्रेस क्लब में आठवां स्थापना दिवस मनाया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष दोदुम यांग्फों ने इलेक्ट्रोनिक मीडिया से संबंधित लोगों से अरुणाचल इलेक्ट्रोनिक मीडिया एसोसिएशन के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया एसोशिएशन के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार तारो चातुम ने कहा इसकी स्थापना वर्ष दो हजार बारह में किया गया था उन्होंने राज्य सरकार से इलेक्ट्रोनिक मीडिया के कल्याण के लिए उचित नितियों पर कार्य करने की अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा देशभर में दस ऐतिहासिक स्मारकों के खुलने का समय बढ़ाकर रात नौ बजे तक करने के फैसले की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे इन स्मारकों पर और अधिक संख्या में पर्यटन आ सकेंगे और अतुल्य भारत के विभिन्न पहलुओं को समझ सकेंगे पर्यटन मंत्रालय ने कल इन ऐतिहासिक स्मारकों के रात नौ बजे तक खुला रखने की घोषणा की थी इन स्मारकों में दिल्ली में सफदरजंग और हुमांयू मकबरा कर्नाटक में स्मॉरक समूह और गोल गुम्बद ओड़िसा में राजारानी मंदिर परिसर मध्यप्रदेश में दुल्हादेव मंदिर हरियाणा में शेख चिल्ली मकबरा महाराष्ट्र के मार्के डे समूह मंदिर गुजरात में रानी की वाव और उत्तर प्रदेश में मन महल वेधशाला शामिल हैं